सभी की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें अपने गृह जिले में भेज दिया गया है मध्यप्रदेश के लगभग एक लाख कामगार विभिन्न राज्यों में काम करते हैं इनमें से क्छ लोग वापस लाये जा चुके हैं

ऋषि कपूर लगभग एक साल तक अमरीका में कैंसर का इलाज कराने के बाद पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऋषि कप्र के आकस्मिक निधन पर द्ख व्यक्त करते हए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है प्रधानमंत्री नरेनुद्र मादी ने ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ऋषि कपूर बहुम्खी प्रतिभा के धनी जीवंत और प्रिय इंसान थे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने अभिनेता ऋषि कप्र के आकस्मिक निधन पर गहरा द्रख व्यक्त किया है कांग्रेस नेता राह्ल गांधी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हए कहा कि ऋषि कप्र को उनके प्रशंसक हमेशा याद रखेंगे स्चना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अभिनेता ऋषिकप्र के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है मंडला डाक मंडला में डाक विभाग कोरोना सकरमण काल में भी अपनी सेवाएं दे रहा है संकट काल में भी डाक विभाग के डाकिये आवश्यक सेवाओं के तहत डाक व पार्सल लोगों को घर तक पहचाते रहे

कटनी जिला चिकित्सालय में भर्ती हुई सिहोरा की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है

इसमें से सेंधवा के दो लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव बड़वानी आई है

टीकमगढ मे सब्जी फल एवं दूध विक्रेताओं का स्वास्थ्य परीक्षण होगा कलैक्टर ने दिशा निर्देश जारी किए